यह बैठक होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी लेने के लिए बुलायी गई है एक अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयुक्त सुशील चन्द्र और अशोक लवासा बैठक को संबोधित करेंगे

भारतीय जनता पार्टी ने सभी चारों संसदीय क्षत्रों में कार्यशालाएं आयोजित करने का निर्णय लिया है पार्टी उपाध्यक्ष गणेश दत ने बताया कि मण्डी संसदीय क्षेत्र की कार्यशाला आज मण्डी में आयोजित की जाएगी जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे इस बीच भाजपा चुनाव प्रबन्धन समिति की बैठक भी आज शिमला में होगी जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए विभिन्न समितियों के प्रमुखों को उनके दायित्व के बारे में बताया जाएगा लोकसभा चुनाव में मतदान के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इसी कड़ी में कल उना में स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थियों को मतदान को लेकर जागरूक किया गया मैहतपुर में स्वीप कार्यक्रम के तहत चुनाव से जुड़े अधिकारियों ने पंचायती राज संस्थाओं महिला मंडलों व स्वयं सहायता समूहों के अलावा स्थानीय लोगों को ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी दी उधर सिरमौर के जिला निर्वाचन अधिकारी ललित जैन ने लोकसभा चुनाव के दौरान पेड न्यूज पर नजर रखने के लिए निगरानी समिति का गठन किया है

मंत्रालय के सचिव यूपी सिंह कार्यशाला का उदघाटन करेंगे इसमें केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं

मौसम प्रदेश के अधिक उंचाई वाले इलाकों में मार्च महीने में हो रही बर्फबारी से पूरा राज्य कड़ाके की ठंड की चपेट में है लाहौल स्पीति और चंबा जिलों की उंची चोटियों पर रूक रूक हिमपात जबकि अन्य क्षेत्रों में वर्षा हो रही है

लगातार खराब मौसम से अवरूद्व सड़कों को खोलने का कार्य प्रभावित हो रहा है और हैलीकाप्टर उड़ानें न होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं चंबा जिला के उंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी व वर्षा से शीतलहर जारी है राजधानी शिमला व निचले जिलों में कुछ स्थानों पर ब्रंदाबांदी हुई मौसम विभाग ने आज पर्वतीय व मध्यवर्ती इलाकों में वर्षा और बर्फबारी की संभावना जताई है विभाग ने निचले इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को सुर्खी दी है हिमाचल के वन क्षेत्र में पेड़ कटान पर पूरी तरह प्रतिबंध जबकि दैनिक भास्कर लिखता है अब डीएफओ नहीं दे सकेंगे फॉरेस्ट क्लीयरेंस सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है चिनाब बेसिन में पावर प्रोजैक्ट लगाने को एसजेवीएनएल तैयार दिव्य हिमाचल ने खबर दी है एसडीएम चौपाल पद्वर के लिए भेजे तीन तीन अफसरों के नाम वहीं दैनिक भास्कर के शब्द हैं पूर्व एसडीएम चौपाल को चार्जशीट की तैयारी सीएम की मंजूरी का इंतजार दैनिक जागरण की एक खबर है कुल्लू में हुए छात्रवृति घोटाले में विजिलेंस ने दर्ज किया केस इसी समाचार पत्र के अनुसार हिमाचल में वादियां निखरीं पर्यटक घटे भाजपा कोर कमेटी के फैसले पर सवाल प्रचार में उतरे दावेदार शीर्षक से खबर को अमर उजाला ने प्रमुखता दी है जबकि आपका फैसला ने लिखा है भाजपा कोर कमेटी का फैसला पलटे जाने की पूरी संभावना हिमाचल दस्तक की सुर्खी है कांग्रेस में चारों टिकट झटक सकता है वीरभद्र सिंह खेमा इसी समाचार पत्र ने अश्वनी खड़ड के मुददे पर एनजीटी के हिमाचल सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट मांगने से संबंधित खबर को सुर्खी दी है अश्विनी खड्ड साफ करने को क्या किया मौसम पर अमर उजाला की सुर्खी है सूबे में आज भारी ओलावृष्टि और तुफान की चेतावनी बिजली गिरने का भी खतरा आपका फैसला के मुताबिक हिमाचल में बर्फबारी से बढ़ी ठिठुरन ओलावृष्टि की चेतावनी